हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मैडल श्री मोदी को उनके द्वारा दोनों देशो में परस्पर सहयोग और लंबी दोस्ती के फलरूवरूप प्रदान किया गया है इससे पहले दोनों देशों के बीच दोस्ती के सम्बध इतने मजबूत नही थे आब् धाबी के राजक्मार शेख मोहम्मद बिन जैयद बिन सुल्तान अल नहियान ने एक टवीट में श्री मोदी को अपना परम मित्र बताते हये कहा कि श्री मोदी ने दोनों देश के बीच द्विपक्षीय सम्बध मजबूत करने में अहम भ्रमिका निभाई है संय्क्त अरब अमीरात ने आज कहा कि वो प्रधानमंत्री श्री मोदी की दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और दोस्ताना सम्बध कायम करने के लिये की गई कोशिशों और भूमिका का प्रंशसा करते है विदेश मंत्री स्षमा स्वाराज ने संय्क्त अरब अमीरात के फैसले का स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वितमंत्री अरूण जेटली ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मीडिया से किए वायदों पर सवाल उठाये है अपनी एक फेसब्क पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि मीडिया पेज पर सुझाव है उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया की बाहल्ता को देखते हये मुफ्त पत्रकारिता पर रोक लगाने की बात की गई है ये वायदे समय के अन्सार नहीं है उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में इंटरनेट की आज़ादी को कायम रखने के लिये कानून लाने की बात की गई है आम तौर पर तब किया जाता है जब आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाहियां चलाई जा रही है

श्री जेटली आज नई दिल्ली में सीआईआई के वार्षिक सत्र में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में लोगों की जीवन शैली मे उल्लेखनीय सुधार हआ है देश का सामाजिक और आर्थिक स्तर में काफी फेरबदल हुआ है

वित्तमंत्री ने कहा कि अगर यही सिलसिला रहा तो लोकचर्चा का स्तर होगी और सरकार राजनीतिज्ञों और चुनाव मनोरथ पत्रों को जांचने का स्तर भी कड़ा होगा

इसके अलावा प्रदेश में इस अवधि के दौरान एक अवैध हथियार निर्माण इकाई पर भी छापा मारकर अवैध सामान जब्त किया गया है

नैशनल तंबाकु कंट्रोल कार्यक्रम के तहत आज पलवल के नागरिक अस्पताल मे लोगों को तंबाकू उत्पादों से होन वाली बीमारियों के बारे जागरूकत किया गया डिप्टी सीएमओ डा रेखा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दवारा लोगों को तंबाक् चबाने व ध्रमपान से होने वाली सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं से लोगों को जागरूक किया जा रहा है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू के रोकथाम के लिये कई टीमें बनाई है जगह जगह पर छापे मारी कर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने आज चंडीगढ़ और जालंधर में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया

कांग्रेस को भारत के आदर्शो में विश्वास रखने वाले पार्टी बताते हये उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई फिजूल के म्द्दों की नहीं है बल्कि म्द्दों के मूल मर्यादाओं के लिये है उन्होने कहा कि घोषणा पत्र में सदभाव भाईचारे आज़ादी और सम्मान व नफरत डर उत्पीड़न में से एक को च्नने का आहवान किया गया है

देशद्रोह बारे कानून की समीक्षा और इसको समाप्त करने बारे किये वायदे पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सशस्त्र बलो और जनता के बीच सामंजस्य बनाने के लिये ऐसा करेगी उन्होंने कहा कि संविधान में मानव अधिकारों की स्रक्षा का जिक्र भी है और ये एक संवैधानिक कर्तव्य है श्री अश्चिनी क्मार ने कहा कि देशदोह सम्बध कान्न अंग्रेजों के समय का है और लोकतंत्र मे इसकी कोई जगह नहीं है श्री कुमार ने कहा कि द्वष्कर्म उठा के ले जाना और प्रताड़ना की इजाजत नहीं दी सकती उन्होंने कहा कि कांग्रेस दमनकारी विचार धारा के विरूदव है विपक्ष दवारा देश की स्रक्षा को कमजोर किए जाने पर श्री कुमार ने कहा कि देश की स्रक्षा के लिये लिये कई कानून है और पहले भी देश की स्रक्षा को कायम रखा गया है उन्होंने कहा कि आज संयम संत्लन पर आधारित समावेशी लोकतंत्री की आवश्यकता है हरियाणा में भाली आनंदप्र सहकारी चीनी मिल में रिफांइंड चीनी का उतपादन शुरू हो गया है चीनी मिल के प्रबंध निदेशक प्रदीप अहलावत ने रोहतक में एक पत्रकार वार्ता मे बताया कि रिफाइंड चीनी का उत्पादन करने वाली ये हरियाणा की पहली चीनी मिल बन गई है उन्होंने कहा कि रिफाइनरी यूनिट मे एक अप्रैल से रिफाइंड चीनी का उत्पादन श्रू कर दिया गया है सामान्य चीनी की उपेक्षा इसका रंग गुणवता बेहतर होती है स्थानीय स्तर पर रिफाइंड चीनी का उत्पादन होने से ग्राहकों को भी इसका लाभ मिलेगा क्योंकि अब तक ग्राहक स्थानीय बाज़ार से उत्तरप्रदेश कीनिजी मिलों से आने वाली रिफाइंड चीनी खरीदते थे उन्हें अब हरियाणा मे कम दामों पर रिफाइंड चीनी उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि रिफाइंड चीनी सल्फर म्क्त होगी और स्वास्थ्य के लिये भी लाभकारी होगी इस चीनी के उत्पादन से प्लांट की पाइप लाइन की मियाद भी बढ़ जायेगी

इसी अवसर पर मिल ने रिफाइंड चीनी उत्पादन करने का निर्णय लिया

उन्होंने कहा कि अस्पताल में जून या जुलाई से रेडियोलोजी मे प्रशिक्षण का प्रथम सत्र शुरू होने की संभावना है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बताया कि पीएसी की रोहतक में हई मीटिंग में लिए गए निर्णय तहत चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत इस बात पर भी बल दिया गया कि नए लोगों को भी पार्टी के साथ जोडऩे का कार्य सभी स्तरों पर किया जाए ताकि संगठन और सक्रिय हो सके इनेलो नेताओं ने बताया कि पार्टी के सभी विधायक सांसद पूर्व विधायक पूर्व सांसद प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य व पदाधिकारी जिला हलका व शहरी प्रधान और सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश व जिला संयोजकों सहित सभी पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और गांव गांव जाकर जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे उन्होंने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियां से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है